मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज भोपाल में हई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय निकाय एक्ट में किये गये इस बदलाव पर मुहर लगा दी इससे पहले तक जनता सीधे महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष को चनती थी बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि परिसीमन का काम चुनाव से दो महीने पहले पूरा कर लिया जाएगा सरकार के नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि इससे जोड़ तोड़ और पार्षदों की खरीद फरोख्त को बल मिलेगा स्वच्छता ही सेवा प्रदेश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है

इस दौरान बर्तन बैंक की स्थापना पर भी जोर दिया जायेगा सभी नगरीय निकायो में चलाये जाने वाने इस अभियान के अंतर्गत इस बार प्लास्टिक फ्री दीवाली मनाने के लिए लोगों प्रेरित किया जायेगा दीनदयाल जयंती भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पण्डित दीनदयाल की आज जयंती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रद्वांजलि देते हुए उन्हें महानतम व्यक्तियों में से एक बताया अपने टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित लोगों की सेवा ही दीनदयाल उपाध्याय का संदेश था इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित पुष्पांजलि कार्यकम में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रवादी चिंतक मानवतावाद और अंत्योदय का अग्रणी नेता बताया इस अवसर पर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भोपाल स्थित दीनदयाल सभागार में उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय पशुधन एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री डाक्टर संजीव बालियान आज एक दिन के प्रदेश प्रवास पर हैं इस दौरान वे विदिशा में आयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान एक राष्ट्र एक संविधान कार्यक्रम में भाग लेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे पहले कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने चार सुत्रीय मांगों को लेकर डॉक्टर बालियान को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने केन्द्र सरकार से क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत राशि उपलब्ध कराने की अपील की है

बैतूल में कल खराब हुई फसलों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया भैंसदेही के भीमपुर ब्लॉक के दर्जनों गांवों के किसानों ने जिला प्रशासन से फसलों का सर्वे कर मुआवजे की मांग की

श्योपुर जिले में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है कल क्षेत्र में हई वर्षा से करीब सौ मकानों में पानी भर गया और एक दर्जन मवेशी तेज बहाव में बह गए

विमान के दोनों पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे हमारे संवाददाता ने बताया है कि वायुसेना के ग्वालियर एयरबेस से नियमित अभ्यास के लिए विमान ने सुबह उड़ान भरी थी जो कुछ देर बाद खेतों में जा गिरा दुर्घटना की जानकारी मिलते ही हैलीकाप्टर से सेना के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहंचे घायल पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिये हैं

इसमें बाढ़ और राहत कार्यों की समीक्षा की गई

यहां से वे विशेष विमान से अहमदाबाद रवाना होंगीं